मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वृद्वावस्था निराश्रित महिला दिव्यांगजन और कृष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थियों के खातों में एक हजार तीन सौ ग्यारह करोड़ पांच लाख रूपये की धनराशि की हस्तांतरित

लोकसभा ने बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक दो हजार बीस को कल मंजूरी दे दी यह विधेयक इसी आशय के अध्यादेश का स्थान लेगा जो इस वर्ष छब्बीस जून को लागू किया गया था विधेयक पर हुई चर्चा में कोन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इससे देश में सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सकेगी हम लगातार कोवॉपरेटिव बैक्स और स्मॉल बैक्स जिनके डिपाजिटर्स को बहुत तकलीफ हो रही है उन डिपाजिटर्स के प्रोटेक्शन के लिए और उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए कोऑपरेटिव सोसाएटीस जो बैंक के नाते काम करते हैं उनमें जो बैंक के नाम उपयोग करते हैं या बैंकर या बैंकिंग के काम करते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए इस बैंकिंग रेगुलेट ऐक्ट अमेन्इमन्ट के द्वारा डिपाजिटर्स का प्रोटेक्शन के लिए ये अमेन्ड्मन्ट लिया जा रहा है श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कोरोना महामारी ने सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर डाला है उन्होंने बताया कि देश में दो सौ सतहत्तर शहरी सहकारी बैंक खराब हालत में हैं उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से एक सौ पांच सहकारी बैंक न्यूनतम निर्धारित राशि रखने की स्थिति में नहीं है जबकि सैंतालिस की शुद्ध लागत ऋणात्मक स्थिति में है केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम उन्नीस सौ उन्वास की धारा तीन धारा पैंतालिस और धारा छप्पन में संशोधन का प्रस्ताव है इस विधेयक से भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों के पुनर्गठन या विलय की योजना बना सकेगा और जमाकर्ताओं के हित में सही प्रबंधन की व्यवस्था भी कर सकेगा केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी के मद्देनजर वृद्वाश्रम चलाने वाली एजेंसियों को अग्रिम अनुदान जारी करने का निर्णय लिया है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया ने कल राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि दो हजार बीस इक्कीस के दौरान अब तक ऐसे वृद्वाश्रम चलाने वाली एजेंसियों के लिए कुल तिरासी करोड़ रूपये जारी किए जा चुके हैं मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रही है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन जैसी वृद्वा आश्रम चलाने और उसका प्रबंधन करने वाली एजेंसियों को अनुदान सहायता दी जाती है पंजीकृत सोसाइटियों के माध्यम से इन एजेंसियों को अनुदान सहायता दी जाती है केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से युवा विद्यार्थियों को नई बुलंदी छूने में मदद मिलेगी कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वेबिनार में श्री निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय भारत को ज्ञान और अनुसंधान का केंद्र बनाएगा शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थान शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वृद्धावस्था निराश्रित महिला दिव्यांगजन और कृष्ठावस्था पेंशन के छियासी लाख पन्चानबे हजार सत्ताईस लाभार्थियों के खाते में कुल एक हजार तीन सौ ग्यारह करोड़ पांच लाख रूपये की धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में ऑन लाइन हस्तांतरित कर दी यह पेंशन लाभार्थियों को उनके सामान्य भरण पोषण के लिये दी जा रही है इस अवसर पर आयोजित एक वीडियो कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से बातचीत भी की उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त और सितम्बर माह की पेंशन एक साथ उनके खातों में हस्तांतरित की जा रही है उनकी सरकार नर को नारायण से जोड़कर उनकी सेवा कर रही है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसी भी व्यक्ति के सामने भोजन का संकट न आये इसलिये अप्रैल माह से प्रत्येक माह दो बार पात्र लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि अगर समाज के सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत कर दिया जाये तो पूरे समाज की आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर होने से कोई नहीं रोक सकता उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के पात्र व्यक्तियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करा रही है

लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिये सभी जिलों के प्रमुख चौराहों और भीड़माड़ वाले स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के प्रयास तेज कर दिये गये है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों में छः हजार तीन सौ सैंतीस कोरोना के नये मामले मिलने के बाद अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या सड़सठ हजार दो हो गई है अब तक प्रदेश में दो लाख अटावन हजार पांच सौ तिहत्तर मरीज कोरोना से ठीक हुए है और चार हजार छः सौ नब्बे लोगों की मौत हुई है

उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालयों मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में औषधियों और आक्सीजन की सुचारू व्यवस्था बनायी रखी जाये

देश में कल एक ही दिन में कोविड के सबसे अधिक बयासी हजार नौ सौ इकसठ मरीज ठीक हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस संक्रमण से स्वस्थ होने की दर अठहत्तर दशमलव पांच तीन प्रतिशत हो गई है अब तक उन्तालीस लाख बयालिस हजार मरीज ठीक हए हैं

सक्रिय मामलों की संख्या स्वस्थ होने वालों की संख्या से करीब चार गुणा ज्यादा है आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सत्तरवां जन्मदिन है पिछले छः वर्षो में मोदी सरकार ने किसानों की कल्याण पर विशेष जोर दिया है अन्नदाता सुखी भवः मंत्र के साथ सरकार ने अंतिम छोर तक तकनीक पहुंचाने और किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अधिक प्रतिर्द्धा बनाने पर ध्यान केन्द्रीय किया है पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक लाख करोड़ रूपये की कृषि और अवसंरचना कोष की शुरूआत की थी देश में कृषि से जुड़ी सुक्वियाएं तैयार करने के लिए एक ताख करोड़ रूपये का विशेष फण्ड लांच किया गया है आज के पवित्र दिन पर तांच किया गया है इससे गांव गांव में बेहतर भप्डारण आधुनिक कोस्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे श्रद्वा भक्ति के साथ प्रदेश भर में आज विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयन्ती के अवसर पर शिल्पियों और अभियंताओं सहित प्रदेशवासियों को श्मकामनाएं दी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश के आर्थिक विकास में तकनीकी विशेषज्ञों का महत्वपूर्ण योगदान होता है उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में कारीगर और हस्तशिल्यी परम्परागत कार्यो के माध्यम से जीविकोपार्जन करते हैं इन कारीगरों की प्रतिभा निखारने के लिये सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं चलाई है प्रदेश के विमिन्न इलाकों में कल दिन भर बादल छाये रहे और कहीं कहीं हल्की से सामान्य वर्षा हुई